केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप होगा टीकाकरण

बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

इनमें से आठ पेशकार तीन लिपिक एक टाईपिस्ट और चार चतुर्थवर्गीय कर्मी शामिल हैं ये सभी घूस लेने के आरोपी हैं पन्द्रह नवम्बर दो हजार सत्रह को एक निजी टीवी चैनल ने कोर्ट में चल रहे घूस के लेन देन का स्टिंग ऑपरेशन किया था इस पर पटना हाई कोर्ट के तत्कालीन न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन ने स्वतः संज्ञान लेते हुये आरोपित कर्मियों को तुरंत निलंबित करने का आदेश दिया था न्यायिक व्यवस्था में पहली बार भ्रष्टाचार में लिप्त इतनी बड़ी संख्या में कर्मियों को एक साथ बर्खास्त करने का यह पहला मामला माना जा रहा है बर्खास्तगी के आदेश के बाद पटना के पीरबहोर थाने में इस संबंध में एक मामला दर्ज हुआ है एसएसपी उपेन्द्र शर्मा ने बताया कि आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है निगरानी जांच ब्यूरो ने आय से अधिक सम्पत्ति मामले में उत्पाद निरीक्षक निरंजन कुमार के पटना और मोहनिया स्थित तीन ठिकानों पर छापेमारी की है सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार तलाशी के दौरान जमीन से जुड़े कई दस्तावेज बस समेत कई बड़े वाहनों के कागजात निवेश संबंधी कागजात सोने चांदी के आभूषण और नकद रूपये जब्त किये गये हैं निगरानी जब्त कागजातों का आकलन कर रही है राज्य सरकार ने लॉकडाउन की अवधि के लिए सभी प्रकार के व्यावसायिक मालवाहक और यात्री वाहनों का रोड टैक्स माफ कर दिया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की हई बैठक में यह फैसला किया गया मंत्रिमंडल के फैसले के अनुसार पिछले साल छह जुलाई से छह सितम्बर तक तिरसठ दिनों का रोड टैक्स नहीं लिया जायेगा इसके साथ ही सभी प्रकार के निबंधित वाहनों को इक्कीस मार्च दो हजार बीस से इस साल इकतीस मार्च तक की अवधि में रोड टैक्स पर लगने वाले अर्थदंड को भी माफ किया गया है वहीं मंत्रिमंडल ने पे ग्रेड वाले चार सौ से अधिक होमगार्ड जवानों को लाभ देने का भी फैसला किया इसके अंतर्गत सिपाही को दो हजार रूपये अधिनायक को चौबीस सौ और अधिनायक ग्रेड वन को अठाईस सौ का ग्रेड पे उनके पे बैंड में दिया जायेगा सरकार का यह फैसला होमगार्ड के उन जवानों के लिए नहीं जो प्रतिदिन मानदेय के आधार पर काम करते हैं इसके अलावा बाल हृदय योजना के तहत बच्चों के हृदय में छेद का निःशुल्क इलाज का भी निर्णय किया गया साथ ही मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों में एक सौ उनहत्तर पदों के सुजन को भी मंजूरी दी उपमुख्यमंत्री रेणू देवी ने कहा है कि प्रदेश में बंद पड़े चीनी मिलों में इथेनॉल शीघ्र का उत्पादन शुरू होगा पटना में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुये उन्होंने कहा कि जो उद्योगपति इथेनॉल का संयंत्र राज्य में लगाना चाहते हैं उन्हें सिंगल विंडो सिस्टम के तहत सभी सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेंगी उपमुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्णियां और बेगूसराय में इथेनॉल फैक्ट्री लगाने का प्रस्ताव है केन्द्र सरकार ने देशभर में अगले सप्ताह से कोविड उन्नीस टीकाकरण शुरू करने की तैयारियां तेज कर दी है स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने बताया कि सरकार से टीकाकरण को मंजूरी मिलने के दस दिनों के भीतर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी

ईयूके के दस दिन के भीतर हम उसकों यू ए का अर्थ है इमरजैंसी यूज आथोराइजेशन ये बोलचाल की भाषा में शब्द प्रयुक्त होता है

इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कोविड टीकाकरण के लिए राज्य में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं श्री कुमार ने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति में कार्य कर रहे योद्धाओं और पचास वर्ष से ऊपर के लोगों को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन दी जाएगी श्री कुमार ने यह भी कहा कि राज्य सरकार केंद्र के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए टीकाकरण का कार्य करेगी

श्री कुमार ने आशा जतायी है कि टीकाकरण का काम पांच से छह महीने के अन्दर पूरा कर लिया जायेगा इधर राज्य में कोविड उन्नीस संक्रमण में गिरावट दर्ज की जा रही है वर्तमान में चार हजार एक सौ सतहत्तर मरीज राज्य के विभिन्न अस्पतालों में उपचार करा रहे हैं कल चार सौ छप्पन लोग उपचार के बाद स्वस्थ हुए जबकि चार सौ ग्यारह नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई अब तक दो लाख उनचास हजार छियानवे मरीज स्वस्थ हो चुके हैं स्वस्थ होने की दर बढ़कर संतानवे दशमलव आठ शून्य प्रतिशत हो गई है यह राष्ट्रीय औसत से एक दशमलव चार आठ प्रतिशत अधिक है केन्द्र सरकार ने लोगों से कोविड टीकाकरण को लेकर फैलाये जा रहे अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है स्वास्थ्य मंत्रालय और वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञों ने कहा है कि देश में स्वीकृत कोविड का टीका अन्य देशों में विकसित किये गए किसी भी वैक्सीन के समान ही कारगर है दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर वेद चतुर्वेदी ने कहा कि सरकार द्वारा स्वीकृत कोरोना वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है

जो ट्रायल्स हुए है सभी वैक्सीन की चारों वैक्सीन की जो अमी इस कंट्री में नहीं है और जो हमारे पास है जहां तक सेफ्टी का इश्यू है देश को घबराना नहीं चाहिए

इस साल हज यात्रा पर जाने वाले सभी लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा केन्द्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने ये जानकारी दी प्रदेश में अब इकतीस जनवरी तक ही धान की सरकारी खरीद की जायेगी पहले यह तिथि इकतीस मार्च तक निर्धारित थी इस संबंध में खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने आदेश जारी कर दिया है प्रदेश में अब तक आठ लाख टन से अधिक धान की खरीद हो चुकी है बिजली विभाग ने स्मार्ट प्री पेड मीटर लगने पर पहले के मीटर के बकाया बिजली बिल का भुगतान करने के लिए उपभोक्ताओं के लिए तीन सौ दिनों की समय सीमा निर्धारित की है इस अवधि में उपभोक्ता किस्त के आधार पर भी बकाया बिल का भुगतान कर सकेंगे भारतीय रेलवे ने यात्री किराया बढ़ाए जाने की सम्भावनाओं के बारे में मीडिया में आई खबरों को निराधार बताया है रेलवे ने स्पष्ट किया कि इन खबरों का कोई आधार नहीं है और किराया बढाने के किसी प्रस्ताव पर फिलहाल विचार नहीं हो रहा है रेलवे ने मीडिया से भी अनुरोध किया कि निराधार खबरों को प्रकाशित और प्रसारित करने से बचें मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बादल छाये रहने और कहीं कहीं बूंदाबांदी की सम्भावना जतायी है विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले चौबीस घंटे के बाद औसत तापमान में गिरावट आयेगी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भक्त चरण दास को शक्ति सिंह गोहिल के स्थान पर बिहार कांग्रेस का प्रभारी नियुक्त किया गया है श्री गोहिल ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुये कांग्रेस अध्यक्ष को बिहार प्रभारी पद से मुक्त करने का आग्रह किया था भागलपुर की विशेष पॉक्सो अदालत ने एक नाबालिग बच्ची से सामूहिक द्रष्कर्म के एक मामले में दोषी ठहराये गये दो युवकों को आजीवन कारावास और पच्चीस पच्चीस हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है यह मामला अक्टूबर दो हजार सत्रह का है घटना के बाद पीड़िता ने आत्महत्या कर ली थी पटना के फतुहा थाना क्षेत्र से पूलिस ने एक ट्रक से साठ लाख रूपये मूल्य की शराब जब्त की है मौके से तीन तस्करों को गिरफ्तार किया गया और तीन कार भी जब्त किये गये वहीं गया जिले के डोभी थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग की टीम ने अलग अलग वाहनों से एक सौ दस कार्टन शराब और भारी मात्रा में स्प्रिट बरामद कर चार तस्करों को गिरफ्तार किया है गोपालगंज जिले के नगर थाना क्षेत्र अन्तर्गत एकडेरवा गांव में अपराधियों ने होमगार्ड के एक जवान की गोली मारकर हत्या कर दी हत्या से आक्रोशित लोगों ने एनएच अट्ठाईस को जाम कर आगजनी की और प्रदर्शन किया सारण जिले के बनियापुर से पुलिस ने कुख्यात नक्सली गणेश शर्मा को गिरफ्तार किया है गिरफ्तार नक्सली की पुलिस को कई मामलों में तलाश थी रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा में पटना के दो अलग अलग केन्द्रों से दो फर्जी अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया है भागलपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित उल्टा पुल के पास से पुलिस ने अपराध की योजना बना रहे चार अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है पटना जिले के विभिन्न बालू घाटों पर छापेमारी के दौरान पुलिस ने सत्तर पिकअप वैन को जब्त किया है वहीं तीस लोगों की गिरफ्तारी हुई है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 हिन्दुस्तान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है बिहार में पांच महीने में सब को कोरोना का टीका दैनिक जागरण की सुर्खी है घूसकांड में पटना सिविल कोर्ट के सोलह कर्मचारी बर्खास्त दैनिक भास्कर ने लिखा है चकबंदी अब फसल उत्पादन और उसके दाम पर नहीं जमीन के सरकारी रेट पर प्रभात खबर ने कैबिनेट के फैसले से जुड़े समाचार को प्रमुखता देते हुये लिखा है बस ऑटो का तिरसठ दिनों को रोड टैक्स माफ दैनिक आज ने स्वास्थ्य मंत्रालय के हवाले से लिखा है तेरह जनवरी से लगनी शुरू हो जायेगी कोरोना की वैक्सीन राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है नये संसद भवन का रास्ता साफ सेन्ट्रल विस्टा परियोजना पर सुप्रीम कोर्ट ने लगायी मुहर

केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप होगा टीकाकरण